इससे देश के लोगों को केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस दौरान गुजरात में रेलवे सेक्टर से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केवडिया विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है ऐसे में आज से शुरू हई रेलगाड़ियां इस कार्य को और गति प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि बीते सालों में पूरे रेलवे तंत्र में बदलाव किया जा रहा है इसके तहत रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ ही ट्रैक से लेकर पुलों के निर्माण की तकनीक पर भी विशेष काम किया जा रहा है

वहीं ब्रूंदी चूरू दौसा धौलपुर जालौर झुन्झुन् करौली प्रतापगढ़ सवाईमाधोपुर सीकर और सिरोही में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला राज्य में कल इस बीमारी से दो और लोगो की मृत्यु हो गयी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं ने जालौर बस हादसे के मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है इन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

राज्य के समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस को स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है

विभाग की निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए हर साल यह अवार्ड दिये जाते हैं

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना कल जयपुर में जवाहर सर्किल से इसकी शुरूआत करेंगे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि द्र्घटनाओं को रोकने आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर शिक्षित और जागृत करने तथा स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

प्रदेश के कई भागों में ठंडी हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर जारी है हालांकि ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है